मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कपड़ा और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अनुकूल है प्रदेश पुलवामा में शहीद हुये जवानों को देशभर में दी जा रही है श्रद्धांजलि मंडला के रामनगर में कल आदिवासी महोत्सव में शामिल होंगे उपराष्ट्रपति

प्रधानमंत्री वाराणसी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे इस यात्रा के दौरान श्री मोदी श्रीजगदगुरू विश्वाराध्य गुरूकुल के शताब्दी समारोह में हिस्सा लेंगे

बाद में प्रधानमंत्री एक जनसभा में तीस से अधिक परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे

श्री मोदी आईआरसीटीसी की काशी महाकाल एक्सप्रेस रेलगाड़ी को वीडियो लिंक के जरिये इंडी दिखाकर रवाना करेंगे यह रेलगाड़ी वाराणसी उज्जैन और आंकारेश्वर स्थित तीन ज्योर्तिलिंग तीर्थों को जोड़ेगी यह देश की पहली प्राइवेट रेलगाड़ी होगी जो रातभर में यह सफर तय करेगी

राज्य सरकार और नौकरषाही उद्योगपतियों को सहूलियत मुहैया करा रही है मैं अपने वैश्विक अनुभव के आधार पर यह कह रहा हूं ये बातें मुख्यमंत्री कमल नाथ ने नई दिल्ली में मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा आयोजित राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कहीं

वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र शहीदों के बलिदान को हमेशा याद रखेगा इस हमले में राज्य के जबलपुर स्थित खुड़ावल गांव के अश्विन काशी भी शहीद हुए थे उनकी याद में आज गांव में मूर्ति और शहीद स्तंभ का अनावरण किया गया तोतापरी आम प्रदेश के किसानों को उद्यानिकी से संपन्न बनाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण मिशन के तहत बैतूल जिले में आम की प्रोसेसिंग वेराइटी तोतापरी के पौधों का रोपण शुरू हो गया है मुख्यमंत्री के निर्देश पर उद्यानिकी संचालनालय द्वारा होशंगाबाद हरदा सहित बैतूल जिले का चयन तोतापरी की कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग के लिए किया गया है बताया जाता है कि माइक्रो इरीगेशन एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए विश्व विख्यात एक निजी कंपनी का शासन स्तर से करार इसके लिए हुआ है

ट्रेन घोषणा रेल प्रशासन ने यात्रियों को अच्छी सुविधा देने की दिशा में वाराणसी और इंदौर के बीच द्वि साप्ताहिक एक्सप्रेस चलाने का निर्णय लिया है

इसके साथ ही समता एक्सप्रेस में आज अतिरिक्त कोच लगाया गया है रेलवे के एक अन्य निर्णय के अनुसार प्री नॉन इंटरलॉकिंग एवं नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण जबलपुर से चलकर हजरत निजामुद्दीन तक जाने वाली ट्रेन को निरस्त कर दिया है

समारोह का शुभारंभ उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और मध्यप्रदेश के राज्यपाल लाल जी टंडन की उपस्थिति में होगा उप राष्ट्रपति वैंकेया नायडू के जबलपुर और मंडला आगमन पर वित्त मंत्री तरूण भनोत और जनजातीय कार्य मंत्री ओमकार सिंह मरकाम को राज्य शासन ने मिनिस्टर इन वेटिंग नामित किया है लालबाग संरक्षण इंदौर के ऐतिहासिक स्थल लालबाग के संरक्षण और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए विषेष कार्य योजना बनाई जाएगी ये निर्णय संभाग आयुक्त आकाष त्रिपाठी की अध्यक्षता में कल आयोजित समीक्षा बैठक में लिया गया

एक भारत श्रेष्ठ भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान देश भर में चल रहा है

इसके तहत हम आपको मध्यप्रदेश के पार्टनर स्टेट मणिपुर की लोककला रहन सहन खान पान पर्यटन स्थलों और संस्कृति से रू ब रू करा रहे हैं

अधिकांश जिलों के न्यूनतम तापमान में वृद्धि देखी जा रही है मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि भले ही अभी गर्मी बढ़ रही हो लेकिन अभी ठंड का दौर दोबारा आ सकता है

संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री और छिन्दवाड़ा के विधायक कमल नाथ की अनुशंसा पर सोनारी मोहगांव में शंकर मड़िया के पास कलामंच निर्माण कार्य के लिये डेढ़ लाख रूपये प्रदान किये गए हैं भारत भवन के स्थापना दिवस समारोह के अंतर्गत यहां अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं

वहीं पंडित तेजेन्द्र नारायण और पूर्वायान चैटर्जी सरोद सितार की जुगलबंदी प्रस्तुत करेंगे भोपाल के बावड़ियाकला में बनाये गये रेलवे ओवर ब्रिज का लोकार्पण समान्य प्रशासन मंत्री डॉ गोविंद सिंह और जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा द्वारा किया गया

उसने कंपाउंडर से तीन महीने का रुका वेतन निकालने के लिए रिष्वत मांगी थी खंडवा में ग्रामीणों की समस्याओं का उनके गांव में ही निराकरण करने के लिये पंधाना विकासखण्ड के ग्राम घाटोखेड़ी में जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित किया गया राजगढ में परिवहन विभाग द्वारा मोटरयानों के बकाया कर तथा जुर्मान के भुगतान पर छूट का लाभ दिया जा रहा है